जीएसटी दरों में कटौती का लाभ नहीं देने वाले व्यापारियों पर दस फीसदी लगेगा जुर्माना

बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ छियासठ हयी और अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जायेगा मॉनसून

प्रदेश में हाट बाजार मेला फेरी और जलकर की बंदोबस्ती अब ग्राम पंचायतें करेंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद् की बैठक में ये फैसला किया गया बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग के नियंत्रण में जो भी सैरात थे वे अब पंचायती राज विभाग के अधीन आ जायेंगे उन्होंने बताया कि पचास हजार रूपये तक की बंदोबस्ती मुखिया के द्वारा एक लाख रूपये तक की प्रंखड प्रमुख द्वारा और पांच लाख रूपये तक की बंदोबस्ती जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा की जायेगी श्री कुमार ने बताया कि पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पहले कनीय अभियंता और ग्राम पंचायत को पंद्रह लाख रुपये तक की योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति देने का अधिकार था जिसे अब बढ़ाकर बीस लाख रुपये कर दिया गया है प्रधान सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने केंद्र के पांचवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में ग्यारह प्रतिशत की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी है अब इन्हें दो सौ पंचानवे प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता मिलेगा साथ ही छठे वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान पा रहे कर्मियों और पेंशनधारियों का मंहगाई भत्ता एक सौ अड़तालीस से बढ़ाकर एक सौ चौवन प्रतिशत कर दिया गया है वस्तु और सेवाकर यानी जीएसटी परिषद ने पंजीकरण के नियमों को सरल बना दिया है जीएसटी के तहत व्यापार के पंजीकरण के लिए अब आधार का उपयोग किया जाएगा पहले लोगों को अनेक दस्तावेज जमा करने होते थे केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने परिषद की पैंतीसवीं बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि जी एस टी परिषद् ने उन इकाइयों पर दस प्रतिशत का जुर्माना लगाने को मंजूरी दे दी है जो जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचायेंगे वहीं परिषद् ने जीएसटी के तहत दाखिल किए जाने वाले वार्षिक विवरण की अंतिम तारीख दो महीने के लिए बढ़ा दी है अब तीस अगस्त तक ये विवरण जमा किए जा सकेंगे प्रदेश में इंसेफ्लाईटिस से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिये एक और केंद्रीय दल मुजफ्फरपुर पहुंच गया है एसकेएमसीएच के अधीक्षक सुनील कुमार शाही ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रमुख सचिव के नेतृत्व में आयी इस टीम ने इलाज के लिये उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जायजा लिया साथ ही टीम ने एसकेएमसीएच में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की भी समीक्षा की इधर राज्य में एईएस से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ छियासठ हो गयी है मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल और केजरीवाल अस्पताल में संदिग्ध दिमागी बुखार से अब तक एक सौ छब्बीस बच्चों की मृत्यु हो चुकी है वहीं एक सौ साठ बच्चों का इलाज चल रहा है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मुजफ्फरपुर में नवजात शिशुओं के लिए एक सौ बेड की आईसीयू और शोध केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से एक सौ करोड़ रूपये की मांग की है साथ ही श्री मोदी ने प्रदेश में दूसरे एम्स के निर्माण के स्थान पर राज्य के पुराने मेडिकल कॉलेज को एम्स में परिवर्तित करने का भी आग्रह किया है केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीमारमन की अध्यक्षता में हुई राज्यों के वित्तमंत्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक में उपमुख्यमंत्री ने ये मांगे रखी कृषि विभाग ने एक्यूट इंसेफ्लाईटिस सिंड्रोम के कारणों में कथित रूप से लीची की भूमिका होने की जांच का आदेश दिया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि ऐसी बाते सामने आ रही हैं कि लीची खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं जिस कारण एक डर की स्थिति पैदा हो गयी है उन्होंने बताया कृषि वैज्ञानिकों की एक टीम गठित की गयी है जो इस बात की पड़ताल करेगी कि एईएस में लीची की कोई भूमिका है या नहीं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लू से होने वाली मौत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहा है प्राधिकरण ने लू से सबसे अधिक प्रभावित तीन जिलों औरंगाबाद नवादा और गया में विशेष टीमें भेजी हैं ये टीम गांव गांव जाकर लू लगने के कारणों पर रिपोर्ट तैयार करेगी इधर आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार लू से प्रदेश में अब तक एक सौ एक लोगों की मौत हो चुकी है सबसे अधिक औरंगाबाद में अड़तालीस गया में उनतालीस और नवादा में चौदह लोगों की मौत हुयी है प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है मौसम विभाग के अनुसार पूर्णिया की ओर से मॉनसून ने बिहार में प्रवेश किया सीमांचल के इलाकों में पिछले चौबीस घंटे के दौरान इक्कीस दशमलव सात मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान मॉनसून के पूरे प्रदेश में फैलने की संभावना जतायी है इधर राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में भी देर रात हल्की बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पूर्वी और उत्तरी बिहार में अधिकांश जगहों पर बादल छाये रहेंगे और हल्की बारिश होगी वहीं पटना समेत दक्षिणी बिहार में भी कई जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे और पूरवा हवा चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी इधर कल देर रात हुयी बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में अरवल जिले के मेंहदिया थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव में एक किसान की मौत हो गयी सोनप्र छपरा रेलखंड पर निर्माण कार्यों के कारण आठ जोड़ी ट्रेनों का परिचालन पच्चीस जून से आठ जुलाई के बीच रद्द रहेगा जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस और लिच्छिवी एक्सप्रेस प्रमुख हैं इसके अलावा बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस ट्रेन का आंशिक समापन छपरा स्टेशन पर किया जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को दो जुलाई तक अपना वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों की संबद्धता रद्द कर दी जायेगी वहीं बोर्ड ने दो हजार इक्कीस में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिये पंजीकरण की अंतिम तिथि तीस जुलाई तक बढ़ा दी है साथ ही अगले वर्ष होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र अब पच्चीस जून तक अपना पंजीकरण प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के मिर्जापुर किसान भवन से दो अमीनों को पचास हजार रूपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मी एक जमीन के सर्वे के एवज में रिश्वत ले रहा था पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र अंतर्गत भादापुर के पास तिरहुत मेन केनाल का उत्तरी बांध टूट जाने से हजारों एकड़ खेत में पानी फैल गया है खेतों में पानी फैलने से धान का बिचड़ा और सब्जियां डूब गयी हैं मधेपुरा जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के मधुबनी टोला में भोज खाने से तीन सौ से अधिक लोग बीमार हो गये सभी का स्थानीय अस्पतालों में ईलाज चल रहा है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और राज्य मंत्रिमंडल की हुयी बैठक से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान लिखता है दिल्ली से रांची तक योगमय हुआ भारत दैनिक जागरण की सुर्खी है योग दिवस पर दुनिया को मोदी ने बांधा योग सूत्र में प्रभात खबर लिखता है मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौत का मामला संसद में उठा दैनिक भास्कर की सुर्खी है पांच लाख कांट्रेक्ट कर्मियों की सेवा होगी स्थायी साठ साल में होंगे रिटायर उच्चस्तरीय कमिटी की फाइनल रिपोर्ट तैयार आज लिखता है लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है पटना के राजीवनगर में जेवर दुकान में करोड़ों की डकैती

जीएसटी दरों में कटौती का लाभ नहीं देने वाले व्यापारियों पर दस फीसदी लगेगा जुर्माना

बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर एक सौ छियासठ हुयी और अगले अड़तालीस घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जायेगा मॉनसून